संसद भवन के लाईब्रेरी में आयोजित बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थावर चंद गहलोत अर्जुन मेघवाल वी मुरलीधरन सपा से रामगोपाल यादव बीजेडी से प्रसन्ना आचार्य एनसीपी से सुप्रिया सुले कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद जेडीयू से मनोज झा एलजेपी से रामविलास पासवान और चिराग पासवान टीएमसी से डेरेक ओ ब्रायन और बीएसपी से रितेश पाठक मौजूद रहे संसदीय कार्य मंत्री प्रहदाल जोशी ने बताया कि बजट सत्र दो चरण में चलेगा

उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में तय किया गया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है इसके लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की गई है

कैबिनेट ने जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है यह विद्यालय ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे

केंद्र इस जमीन को राज्य को वापस करेगा

बाकी पर्यटन विभाग के पास रहेगी हालांकि पूरी जमीन पहले वन विभाग के अधीन की जाएगी इसके बाद पर्यटन विभाग को दी जायेगी

खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई के अधिकार एडीएम या राज्य सरकार की ओर से अधिक त अधिकारी को प्रदान किया जाएगा स्लाटर हाउस को लेकर कैबिनेट ने राज्य सरकार जनपद या किसी भी निकाय क्षेत्र में स्लॉटर हाउस बंद करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया

मंत्रीमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि एनएच चौड़ीकरण में सड़क किनारे भूमि के कब्जेदार को मुआवजा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश जमीदारी भूमि व्यवस्था के धारा एक सौ तैतालिस मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज के लिए दिया जाएगा यह कृषि भूमि होनी चाहिए

कोरोना वायरस राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के निदेशक सुरजीत कुमार सिंह ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस पर काबू पाना जरूरी है जहाजरानी मंत्रालय ने समुद्री यात्रा करने वाले सभी लोगों और जहाज कर्मियों से नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों के बंदरगाहों में पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा है एक परामर्श में मंत्रालय ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए समुद्री यात्रा करने वालों से विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श में दी गई हिदायतों का पालन करने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के लिए हेल्पलाइन जारी किया है

कोरोना वायरस चमोली चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी ने कोरोना वायरस के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड चीन और नेपाल का सीमावर्ती राज्य है इसको देखते हुए राज्य में सतर्कता बरती जा रही है उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और सामाजिक स्वास्थ्य केंद कर्णप्रयाग में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं ताकि संक्रमण पता चलने पर इलाज किया जा सके एमओयू उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद और एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के जरिए उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों पर रिथित होम स्टे को प्रदर्शित किया जाएगा जिससे होम स्टे व्यवसायियों को अधिक बुकिंग मिलेगी अधिक व्यवसाय प्राप्त होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उन्होंने कहा कि इस एमओयू से उत्तराखण्ड के होम स्टे को डिजीटल पटल पर नई पहचान मिलेगी

पर्यटन सचिव ने बताया कि भविष्य में किसी अन्य प्रतिष्ठत वेब प्लेटफार्मों से भी इस प्रकार का एमओयू हस्ताक्षर किया जा सकता है उन्होंने कहा कि होम स्टे स्वामी इन पोर्टलस् पर रजिस्टर करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे वह जब चाहें अपनी इनवेंट्री को वेबसाइट से हटा सकेंगे

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को शुभकामना देते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने को कहा उन्होंने युवा प्रशिक्षणार्थियों से अपनी सेवा की यात्रा के प्रत्येक पल को प्रसन्नता पूर्वक निभाने को कहा डा आर एस टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी के निदेशक राजीव रौतेला ने अकादमी द्वारा संचालित प्रशिक्षण पर विस्तार से जानकारी दी बसंत पंचमी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बसंत पंचमी के अवसर पर भरत मन्दिर ऋषिकेश में आयोजित बसंतोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनायें दी उन्होंने भरत मन्दिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की मुख्यमंत्री ने कहा कि बसन्तोत्सव प्रकृति के श्रगांर और नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है यह पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की भी प्रेरणा देता है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने वसंत पंचमी पर्व डोईवाला में हरज्ञान चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ मनाया इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि ये पर्व मां सरस्वती के जन्मोत्सव के पर्व के साथ ही ऋतु परिवर्तन का पर्व भी है उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी खुशहाल का पर्व है बसंत पंचमी हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र शांतिकुंज में वसन्तोत्सव का मुख्य कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ गायत्री परिवार प्रमुख शैल जीजी और देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ प्रणव पण्ड्या ने विश्वभर से आये गायत्री साधकों को वासंती उल्लास की शुभकामनाएं दीं तीन दिवसीय वसंतोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ प्रणव पण्ड्या ने कहा कि वसंत जीवन का श्रृंगार करता है प्रकृति और परमेश्वर के मिलन का महापर्व है वसंत उन्होंने कहा कि इन दिनों वासंती संस्कृति पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है रूस अमेरिका सहित अनेक देशों के लोग भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी में गंगा स्नान भी किया

यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द् मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि गांधी जी के इस सच्चे संदेश को अधिक से अधिक लोग अपनायेंगे राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर आज नई दिल्ली में राजघाट में राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की